इन कंपनियों में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल हैं सीरम इंस्टीट्यूट भारत में एस्ट्रा जेनेका की कोविशील्ड का उत्पादन कर रहा है

अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति और जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं जिला कलेक्टरों को उनके यहां ऑक्सीजन सहित आवश्यक दवाइयों की मॉनीटरिंग के लिए कहा गया है जोधपुर में कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अलवर के भिवाड़ी से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए गए इसके लिए दोनों जिलों के बीच ग्रीन कॉरीडोर बनाया गया और अल्प समय में ही ये सिलेंडर जोधपुर पहुंचाए गए कोटा में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी पूरी करने के लिए नजदीकी जिलों से सिलेंडर मंगवाए जा रहे है

आमजन को बहत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने को कहा गया है मास्क नहीं लगाने वालों और कोरोना गाइड लाइन की पालना में कोताही बरतने वालों के चालान काटे जा रहे हैं

इसी तरह जालौर में कोविड गाइड लाइन की पालना नहीं करने पर सवा दो लाख रूपए का चालान काटा गया झंझनं में जिला कलेक्टर ने उच्चाधिकारियों की बैठक लेकर गांवों में बाहर से आने वालों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं

हालांकि निमंत्रण पत्र बंटने सहित सभी इंतजाम किए जा चुके थे

मंदिरों में भगवान राम का विशेष श्रंगार कर पूजा अर्चना की जा रही है

वहीं मेले और सामूहिक आयोजनों पर भी रोक है प्रशासन ने जनता से घरों में ही सादगी के साथ ही भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी है

जनसेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए सिविल सेवाएं हर वर्ष यह दिवस मनाती है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिविल सेवा के अधिकारियों को शुभकानाएं दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सिविल सेवा अधिकारी देश को विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए नागरिकों की सेवा तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं

इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग ने आज भी जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आधी और हल्की बारिश की सम्भावना जताई है